उन्होंने हरोली में राज्य विद्यत बोर्ड लिमिटेड का मंडल और मुबारिकपुर में उपमंडल खोलने की घोषणा भी की

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यकम से लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान घर द्वार के समीप करवाने की सुविधा भिली है

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से ग्राम स्तर पर महिलाओं को नशे के द्वष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया है सोलन जिल मैं कंडाघाट विकास खंड के पाडली गांव में आज आंगनबाड़ी भवन के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने ये बात कही

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं से पोषण अभियान की जानकारी घरे घर तक पहुंचाने का आहवान भी किया ताकि महिलाए व शिशु स्वस्थ रह सके सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याए भी सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए मांग रोहतांग सुरंग में कंकरीट कार्य के चलते बस की आवाजाही आज से बंद कर दी गई है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में स्थानीय लोगों ने रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाकर इसे फिर से बहाल करने और घाटी के लिए हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है

इसी कड़ी में किन्नौर जिले की राजकीय उच्च पाठशाला पानवी में आज गृह रक्षा वाहिनी किन्नौर द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया गृह रक्षा वाहिनी के पलादून कमांडर मुक्केश नेगी ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने का आहवान किया वहीं स्वास्थ्य विभाग ने खंवागी पंचायत में नशा निवारण को लेकर एक शिविर लगाया जिसमें लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे मे जानकरी दी गई हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अभिभावकों व शिक्षकों से बच्चों के सही मार्ग दर्शन करने और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में अपना योगदान देने का आहवान किया है वे आज चंबा जिले में चुराह क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झज्जा कोठी के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे हंसराज ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया कुड़ा एकत्रीकरण हमीरपुर के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कूड़ा एकत्रिकरण योजना को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का आहवान किया है हमीरपुर में ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जो परिवार व परिसर कूड़ा एकत्रिकरण व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं आ पाए है उन्हें जल्द इससे जोड़ा जाए निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मवीर धामी का आज कुल्लू ज़िले में उनके पैतुक गांव सेऊबाग में आकस्मिक निधन हो गया

धर्मवीर धामी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव और मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी थे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने धर्मवीर धामी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में पिछले दिनों हुए हिमपात से ठंड बढ़ गई है